हरियाणा के उप म्ख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला ने कहा है कि केन्द्र सरकार की तर फ से किसानों और अनाज मंडियों से सम्बधित लाये गये तीन अध्यादेश किसानों के हित में है और इनमे से एक किसानों का अपनी फसल कहीं भी बेचने की आज़ादी देता है चंडीगढ़ में आज एक पत्रकारवार्ता का सम्बोधित करते हये श्री चौटाला ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं किया गया है और एक अध्यादेश विशेष तौर पर यह प्रावधान करता है कि विभिन्न फस्लों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को हर हाल में मिलें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अम फैला कर किसानों को गुमराह कर रही है उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की राजनीति अब इस स्तर तक सिमट गई है कि किसानों के भले के फैसलों को लेकर भी झूठ फैलाया जा रहा है बरौदा उप चुनाव के सम्बध श्री चौटाला ने कहा कि बरोदा की जनता बदलाव चाहती है क्योकि क्षेत्रविकास से वंचित है उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन वहां पूरी मज़बूती से च्नाव लड़ेगा और उम्मीदवार किस पार्टी का होगा यह फैसला दोनों दलों की बैठक मे सर्वसम्मति से लिया जायेगा उन्होंने श्री ओम प्रकाश धनखड़ को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बनने की बधाई दी और उम्मीद जताई गठबंधन मज़बूती के साथ आगे बढ़ेगा

हमारे संवाददाता ने बताया कि आज चंडीगढ़ में विभिन्न सेक्टरों से पांच कोरोना मरीज़ों को अस्पतालों और संगरोध केन्द्रों से छटटी दी गई है

आज लोकमान्य बाल गंगाधरतिलक और चन्द्र शेखर की जयंती मनाई गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह और सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वतंत्रता संग्राम के इन महान शहीदों को श्रद्ासमून अर्पित किये शहीद चन्द्र शेखर का श्रद्दास्मन करते हये गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि उनका नाम बहाद्री देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक है

बीजेपी के जिला महामंत्री हरिंदर मलिक ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और कहा कि आज़ाद ने संयम अन्शासन और सिदांतों के प्रति अदृ निष्ठा के कारण अपना अलग स्थान बनाया हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के पहले प्लाज्मा बैंक का श्भारंभ किया

हरियाणा के पहले प्लाज्मा बैंक की श्रूआत पीजीआई रोहतक से की गई है

उन्होंने कहा कि यह प्लाज्मा बैंक कोरोना रोगियों के इलाज मे कारगर सिद्द होगा इस मौके पर श्री विज ने बताया कि हरियाणा सरकार ने एक समिति बनाई है जो कोरोना वायरस संक्रमण की श्रूआत से लेकर अंत कत की पूरी जानकारी एक किताब में लिखेगी इस किताब में कोरोना जैसी बीमारियों से निपटने के लिए तैयारियों इलाज सावधानियों और च्नौतियों का जिक्र भी होगा

सिरसा से हमारे संवाददाता ने बताया कि महिलाओं ने पारम्परिक वस्त्र पहने उपवास रखा और गीत गाकर व झूले झूल कर इस त्यौहार को मनाया एक विश्वास के अन्सार तीज शिव शक्ति के प्नर मिलन की ख्शी में मनाई जाती है इस दिन महिलायें अखंड सौभाग्य और उत्तम संतान की कामना से निर्जला व्रत रखती है भिवानी से भी इस सांस्कृतिक पर्व पर बह्ओं को सिंधारा और लड़कियों को कोथली भेजी जा रही है

सिरसा में आज दस नये पोजिटिव मामलों मिले है और दो मरीज़ो को छुटटी दी गई है

आज देशभर में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया

आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम धन सिंह बताया जोकि मूल रूप से पलवल का निवासी है